कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 भारत ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति की है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक पांच करोड़ पच्छहतर हजार एक सौ बासठ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं इनमें उनासी लाख से अधिक स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं जिन्हें कोविड वैक्सीन की पहली डोज दी गई है

इसके अलावा कोरोना महामारी की रोकथाम में लगे अग्रिम पंक्ति के तिरासी लाख तैंतीस हजार कार्यकर्ताओं को वैक्सीन की पहली डोज और तीस लाख सात हजार से अधिक दूसरी डोज भी दी जा चुकी है सरकार ने कहा है कि कोविड शील्ड वैक्सीन के दो डोज के बीच चार से छह सप्ताह का मौजूदा अंतराल बढ़ाकर चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है यदि वैक्सीन का दूसरा टीका छह से आठ सप्ताह के अंदर लिया जाता है तो अधिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी लेकिन दूसरी डोज लेने में आठ सप्ताह से अधिक की देरी नहीं होनी चाहिए

कल तेईस हजार नौ सौ सात मरीज ठीक हए है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक क्ल पांच करोड़ आठ लाख एकतालीस हजार दो सौ छियासी टीके लगाए गए हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बताया कि अब तक तेईस करोड़ चौसठ लाख अड़तीस हजार आठ सौ इकसठ नमूनों की कोविड जांच की गई है कल दस लाख पच्चीस हजार छह सौ अठाईस कोविड जांच की गई कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए रांची के उपायुक्त ने रेलवे स्टेशन और एयर पोर्ट में बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना जांच के लिए सैम्पल लेने का निर्देश दिया है

इसके साथ ही यात्रियों का पता और मोबाईल नम्बर नोट करने को कहा झारखंड में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं

अब तक राज्य में एक हजार अन्ठानबे मरीज की मौत कोरोना से हुई हैं वहीं प्रदेश में कोरोना की रिंकवरी रेट अनठानबे दशमलव तीन नौ प्रतिशत हैं देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं यह आदेश एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक प्रभावी रहेगा नये आदेश में कोरोना संक्रमण की रोक थाम के लिए देश के सभी हिस्सों में टेस्ट ट्रैक ट्रीट प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करने को कहा गया हैं इसके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का आदेश भी जारी किया गया हैं

कल नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है

ताजा समाचार ट्विटर हैंडल

आप प्रादेशिक समाचार एकांश के टिवटर हैंडल

इसके तहत राज्य के क्षेत्रीय विकास प्राधिकार के इलाकों में लैंड पूल बनाकर आवासीय कॉलोनियां विकसित किए जाएंगे लैंड पूल के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा बल्कि जमीन मालिक के साथ करार कर सरकारी और निजी कंपनियों को कॉलोनियां बनाने के लिए जमीन दी जाएगी जमीन मालिकों को परियोजना के मुनाफे में हिस्सेदारी दी जाएगी लैंड पूल के लिए ली गई जमीन सरकारी और निजी क्षेत्रों को देने के पहले वहां सड़क बिजली पानी सीवरेज ड्रेनेज तथा पार्क आदि की सुविधा तैयार की जाएगी

कल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री मिथलेश ठाक्र ने कहा कि विधायकों की मांग पर सरकार सर्वे कराकर इस मामले पर विचार करेगी श्री ठाक्र विधायक समीर कुमार महन्ती के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे विधायक ने राज्य के वित्त रहित स्कूलों में पढ़ रहे साढ़े तीन लाख छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए वित्त रहित शिक्षा नीति रदद करते हुए स्कूलों के अधिग्रहण की मांग की है मंत्री मिथलेश ठाकुर ने विधायक इरफान अंसारी की एक प्रश्न के जबाब में कहा कि सरकार बहुत जल्द उर्दू शिक्षकों के रिक्त पद भरने के लिए कार्रवाई शुरू करेगी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल विधानसभा टीवी का लोकार्पण किया श्री सोरेन ने कहा कि पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी खबरों का माध्यम हुआ करते थे बाद में निजी टीवी चैनलों के आने से डिजिटल प्रसारण का विस्तार हो रहा है डिजिटल प्लेटफार्म पर विधानसभा के कार्यवाही कम नजर आती है अब झारखंड विधानसभा का टीवी चैनल शुरू होने से अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहंचेगी उन्होनें कहा कि झारखंड देश का दूसरा ऐसा राज्य है जिसके सदन की कार्यवाही डिजिटल प्लेटफार्म पर दिखाई जाएगी विधानसभा के अध्यक्ष रवीन्द्र नाथ महतो ने कहा कि लोकसभा टीवी से प्रेरणा लेते हए झारखंड विधानसभा टीवी लॉन्च किया गया है

वापसी में पटना से धनबाद के बीच इस ट्रेन के फेरे एक जुलाई तक बढ़ा दिए गए हैं

दोनों ट्रेनें त्योहारी स्पेशल बनकर चलेंगी जिस वजह से किराया दूसरी नियमित ट्रेनों की तुलना में ज्यादा चुकाना होगा बढ़े हुए फेरे के लिए अभी बुकिंग शुरू नहीं हई है एक दो दिनों में आरक्षण सेवा बहाल हो जाएगी

अब गर्मी की छुट्टी को देखते हुए फेरे बढ़ा दिए गए हैं भारतीय रेलवे ने आग लगने की घटनाओं के मद्देनजर रेलगाडियों में धूम्रपान करने और आग पकडने वाली वस्तुएं लाने ले जाने को रोकने के लिए एक बडा अभियान शुरू किया है

रांची नगर निगम शहर को सुंदर बनाने के लिए दस प्रमुख स्थानों पर वर्टिकल गार्डन बनाएगा कल राजधानी के हिनू चौक में शहर पहला वर्टिकल गार्डन लगाया गया यहां पर बनाये गए सेल्फी प्वाइन्ट पर लोग सेल्फी भी ले सकेंगे नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्द शहर के अन्य स्थानों अरगोड़ा चौक सहजानन्द चौक राजेन्द्र चौक अल्बर्ट एक्का चौक तथा मोरहाबादी के तीन स्थानों पर भी वर्टिकल गार्डन लगाया जाएगा एक वर्टिकल गार्डन के निर्माण पर तीन लाख रूपये की लागत आएगी पाकुड जिले को कोरोना संक्रमण से मुक्त कराने के बाद वेक्सिनेशन का लक्ष्य हासिल करने के लिए सखी दीदीयां सेविका सहायिका सहिया जी जान से जुटी हुई है

आगामी होली और शब ए बरात त्योहारों के दौरान कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रांची के उपायुक्त ने राजधानी में अठाईस मार्च से तीस मार्च तक निषेधाज्ञा लागू करने का निर्देश दिया है इस संबध में आदेश जारी करने के लिए उन्होंने सदर और बुंडू के अनुमंडल अधिकारी को पत्र लिखा निषेधाज्ञा की अवधि के दौरान किसी तरह का जुलूस निकालने तेज आवाज में डी जे और स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी केन्द्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि की पांच लाख रूपये तक की निवेश पर ब्याज में छूट दी है लोकसभा में कल पारित वित विधेयक दो हजार इक्कीस में इसका प्रावधान किया गया है

हर वर्ष गर्मी के मौसम में सिविल कोर्ट का काम सुबह की शिफ्ट में होता है इस साल भी रांची सिविल कोर्ट पांच अप्रैल से सुबह से शुरू होगा कोर्ट की कार्य अवधि सुबह सात बजकर तीस मिनट से दोपहर बारह बजकर तीस मिनट तक रहेगी

जेवीवीएनएल ने बिजली बिल बकाया रखने वाले ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाही शुरू की है कल रांची के सभी छह डिवीजनों के साथ ही खूंटी गुमला लोहरदगा और सिमडेगा में अभियान चलाया गया